सीएम समीक्षा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर का दौरा किया इस दौरान उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए किये जा रहे कार्यो की समीक्षा करते हुए कॉलेज प्रशासन अधिकारियों और चिकित्सकों से कोरोना संक्रमण को लेकर आवश्यक संसाधनों तैयारियों की जानकारी लेने के साथ ही जरूरी दिशा निर्देश दिये बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना योद्दाओं के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सुविधा मुहैया कराने का प्रयास कर रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बाहर से आने वाले लोगों की मानकों के अनुसार टेस्टिंग हो और क्वारेंटाईन के नियमों का अक्षरशः पालन हो श्री रावत ने अन्य राज्यों से प्रदेश में लौट रहे कुछ प्रवासियों और कोरोना पाजीटिव मरीजों द्वारा क्वारंटीन और आइसोलेशन वार्ड में तैनात डॉक्टरों अस्पताल स्टाफ और प्रधानों के साथ अभद्रता पर रोष व्यक्त किया उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर विषय है और इस प्रकार का गलत व्यवहार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी

इस बीच राज्य के मुख्य सचिव उत्पल कमार सिंह ने देहरादून में आज पत्रकारों से बातचीत में कोरोना संक्रमण के बारे में जानकारी दी

दिल्ली हवाई अड्डे की संचालक कम्पनी डायल ने बताया कि हवाई अड्डे पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने और कोरोना से संबंधित सभी परामशों के पालन के प्रबंध किये गये है और विभिन्न स्थानों पर हैंड सैनिटाइजर रखा गया है हवाई सेवा राजधानी देहरादून के जौलीग्रान्ट हावाई आड्डे से हवाई सेवाएं कल से शुरू हो रही है इस बारे में हवाई अड्डा निदेशक डी के गौतम से हमारे संवाददाता राघवेश पाण्डेय ने बात चीत की

इस बीच राज्य सरकार ने वायु सेवा का प्रयोग करने वाले यात्रियों के आवागमन की मानिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी नामित किये है साथ ही हवाई आड्डे पर हेल्प डेस्क बनाया गया है यात्री गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अधिकृत टैक्सी या निजी वाहनों से आवागमन कर सकते है

प्रवासी आवाजाही कोरोना महामारी के चलते चमोली जिले में प्रवासियों की घर वापसी लगातार जारी है

जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया है कि गौचर मेला मैदान में बनाए गए स्टेजिंग एरिया में सभी प्रवासियों की थर्मल स्क्रीनिंग मेडिकल चेकअप ट्रेवल हिस्ट्री सहित पूरा रिकार्ड तैयार किया जा रहा है इसके लिए जिला प्रशासन ने गौचर में स्पेशल टीमें तैनात की है

जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने आम जनता की परॅशानी को देखते हुए निर्माण एजेंसी के विरूद्व सख्त कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए है एसडीएम बृशरा अंसारी ने बताया है कि सडक चौडीकरण के दौरान चमोली चाडे के पास निर्माण एजेंसी द्वारा पब्लिक वाहनों को अनावश्यक एक एक घंटे तक रोका जा रहा था इसके अलावा निर्माण कार्य के दौरान सड़क पर पानी का छिडकाव न करने से धूल उड रही थी जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड रहा था